मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा महिलाओं पर अत्याचार के मामलों की निगरानी के लिये हर जिले में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा

इस चरण में सात राज्यों में उनसठ निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कल वोट डाले जायेंगे उत्तर प्रदेश में चौदह हरियाणा में सभी दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ दिल्ली में सभी सात और झारखंड में चार सीट के लिये मतदान होगा इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में राधामोहन सिंह हर्षवर्धन मेनका गांधी नरेंद्र सिंह तोमर कृष्णपाल गुर्जर और रॉव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं छठे चरण में क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गम्भीर भोपाल से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्विजय सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुक्केबाज विजेन्दर सिंह और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा छर्ठे चरण के लिये चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया इस बीच सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है

इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल की सभी चार झारखंड में तीन और चंडीगढ़ सीट के लिये मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव रैलियां कर रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की निगरानी के लिये पुलिस उपअधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा

हर जिले में ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो महिलाओं पर होने वाले सभी अत्याचारों और उन मामलों में की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा श्री गहलोत ने कहा कि अब थाने में पहुंचने वाले पीडित की एफआईआर हर हाल में दर्ज की जायेगी यदि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो ये एफआईआर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज की जा सकेगी साथ ही संबंधित पुलिस थाने से भी यह पूछा जायेगा कि पीडित की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और इस मामले में थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराधों की संख्या में कमी लाने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है इसी संबंध में यह सभी निर्णय लिये गये है

ट्रिब्यूनल ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि इन नदियों में ठोस और तरल प्रदूषक तत्वों को प्रवाहित नहीं किया जाए

पुलिस महानिदेशक को ऐसी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव साथ में लाने को कहा गया है

पाली में आधी रात को आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई जालोर जिले में तेज आंधी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ पेड गिरने और बिजली के खम्भे गिरने के भी समाचार मिले है जिले में आंधी के बाद रूक रूक कर हुई बरसात से बिजली की आपूर्ति में भी बाधा पहुंची जैसलमेर जिले के मोहनगढ और नाचना में तेज आंधी के साथ बरसात हुई रूपसी गांव में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे

तेज आंधी से गिडा बायतू सिणधरी बालोतरा और रामसर के कई स्थानों पर बिजली बंद है बीकानेर में तेज अंधड के साथ कई इलाकों में बारिश हुई सिरोही जिले में धूलभरी आंधी चलने से अनेक स्थानों पर हल्की बारिश हुई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तेज आधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है

उनके इन सवालों के समाधान के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों मैं समझाइश के साथ ही उनकी उजाला क्लीनिकों में काउंसलिंग की जानी चाहिये डॉ शर्मा कल जयप्र में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के परामर्शदाताओं और समन्वयकों को संबोधित कर रहे थे

मिशन निदेशक ने बताया कि कार्यक्रम के तहत उदयप्र राजसमंद बांसवाड़ा ड्रंगरप्र जैसलमेर बाड़मेर जालोर बूंदी करोली और धौलपुर में जिला चिकित्सालय सामान्य चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो और चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर किशोरों की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लियें उजाला क्लिनिक चलाये जा रहे है

जिले में इस योजना में लक्ष्य के मुकाबले अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया गया है

कल हैदराबाद में फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना मुम्बई इंडियंस से होगा विशाखापत्तनम में कल रात दूसरे क्वालीफायर में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हरा दिया